विश्व रेडकॉस दिवस पर प्रदेशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित मुख्य सचिव बी के अग्रवाल ने रेडक्रॉस को जनआंदोलन बनाने की अपील की जयराम वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत उज्जवल और नव भारत का निर्माण हुआ है

मुख्यमंत्री ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री पंडित सुखराम पर तंज कसते हुए कहा कि वे परिवारवाद की राजनीति करते हैं जबकि भाजपा के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है

इस बीच मुख्यमंत्री ने शिमला जिले के जुब्बल में भी आज च्नावी जनसभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता नरेन्द्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए बेमेल गठबंधन कर रहे हैं और न ही उनकी नीतियां व विचार आपस में मिलते हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल के विकास के लिए करोड़ों की सौगातें दी हैं उन्होंने लोगों से शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सुरेश कश्यप को विजयी बनाने की अपील भी की इधर शिमला से जारी एक बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के पास देश के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर कोई विजन नहीं है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने समाज के सबसे कमजोर वर्गो के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं जयराम ठाकुर ने दावा किया कि प्रदेश की चारों संसदीय सीटों पर भाजपा एक बार फिर जीत हालिस करेगी

ऐसे में भाजपा व कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेताओं ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज चंबा जिले के सुंडला में जनसभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पूरा जनसमर्थन मिल रहा है और पार्टी प्रदेश की चारों सीटों पर जीत हासिल करेगी इस मौके कांगड़ा से पार्टी प्रत्याशी पवन काजल भी वीरभद्र सिंह के साथ मौजूद रहे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने नैनादेवी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने सैनिकों का मान सम्मान बढ़ाया है जबकि कांग्रेस ने सेना का हमेशा अपमान किया है वहीं क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने आज भोरंज में जनसम्पर्क कार्यक्रम के दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर पर केन्द्रीय विद्यालय और सांसद निधि के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि भोरंज में जो भी विकास कार्य हुए हैं वे सब पूर्व कांग्रेस सरकार की देन है मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने राज्य सरकार पर कांग्रेसी नेताओं की जासूसी करवाने का आरोप लगाया है सुन्दरनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग किया जा रहा है और चुनाव आयोग को इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए मंडी संसदीय सीट से आजाद उम्मीदवार बूज गोपाल ने आज लाहौल स्पीति में चुनाव प्रचार किया उन्होंने भाजपा व कांग्रेस सरकारों पर जनजातीय क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया

प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं प्रदेश के भाजपा नेता व कार्यकर्ता रैली को सफल बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि भाजपा नेताओं द्वारा सार्वजनिक मंचों और मीडिया के सामने की जा रही बयानबाजी से देश की लोकतंत्रीय प्रणाली पूरे विश्व में शर्मसार हुई है शिमला से जारी एक बयान में उन्होने कहा कि भाजपा नेता बौखलाहट में कांग्रेस के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं कुलदीप राठौर ने मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे असभ्यता व अभद्रता की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं स्वीप निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है

इस मौके जिला निर्वाचन अधिकारी यूनुस ने बताया कि महानाटी का उद्देश्य लोगों को मतदान के महत्व की जानकारी देना और उन्हें वोट डालने के लिए प्रेरित करना है

उधर ऊना विधानसभा क्षेत्र की बसोली पंचायत में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित किया गया

इसका उद्देश्य उन कार्यकर्ताओं के बलिदान को याद करना है जिन्होंने समय पर लोगों को अपनी सेवायें दीं यह दिन अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस समिति के संस्थापक हेनरी डुनान्ट की जयंती के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है इस अवसर पर प्रदेशभर में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने इस मौके पर लोगों से रेडक्रॉस में उदारता से धन देने का आहवान किया ताकि गरीबों व पीडित मानवता की सहायता की जा सके उन्होंने रेडक्रॉस को एक जनआंदोलन बनाने की अपील भी की वहीं शिमला के जिला रेडक्रॉस कमेटी के अध्यक्ष व उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने कहा कि पीड़ित व असहाय लोगों की सहायता रेडक्रॉस का मूल उद्देश्य है जिसके लिए समाज के सभी वर्गों को आगे आना चाहिए उन्होंने रिज मैदान पर आयोजित दौड़ को भी रवाना किया धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि रेडक्रॉस सोसायटी मानवता की सेवा और जरूरतमंदों की सहायता में बढ़चढ़ कर अपना योगदान दे रही है

सर्विस वोटिंग देश की सीमाओं पर तैनात सेना व अर्धसैनिक बलों के जवानों को चुनाव आयोग द्वारा सर्विस वोटिंग के माध्यम से मताधिकार देने पर जवानों ने खुशी जताई है

उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने बताया है कि जिले में बढ़ती गर्मी को देखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं